जल शक्ति मंत्रालय ने आज जल शक्ति मिशन के तहत प्रगति का जायज़ा लेने के लिए सभी राजयों और केन्द्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण जल आपूर्ति मंत्रियों के साथ बर्च्अल माध्यम से एक सम्मेलन का आयोजन किया इस वीडियो कांफ्रेंसिंग की अध्यक्षता जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की हरियाणा और त्रिप्रा के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गांव जल एवं स्वच्छता कमेटी की निगरानी का काम जिला परिषदों के अधीन करने का सुझाव भी दिया म्ख्यमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत दवारा राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण जलापूर्ति प्रभारी मंत्रियों के साथ ब्लाई गई समीक्षा बैठक में हरियाणा की स्थिति से अवगत करवा रहे थे केन्द्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया पंचक्ला से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े

भूमि पूजन के भाग लेने के बाद श्री विज ने बताया कि नौ मंजिला यह भवन हरियाणा का पहला पर्यावरण अनुकूल भवन होगा जो लोगों के आकर्षण का केन्द्र बनेगा

हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की देखरेख में बनने वाली यह इमारत लगभग दो साल में बनकर तैयार हो जायेगी हरियाणा के उप म्ख्यमंत्री द्वष्यंत चौटाला ने राज्य में उद्योंगो की आकर्षित करने के लिए कई छूटों की घोषणा की है

पहले यह छट केवल दस वर्ष के लए दी जा रही थी

श्री दृष्यंत चौटाला ने बताया कि सरकार ने धान की पराली व अन्य व सलों के अवशेष प्रबंधन के लिए लगाये जाने वाले उद्योगों के लिए इस नीति में विशेष छूट देने का प्रावधान किया है ताकि एक तर राज्य बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने वहीं प्रद्षण से भी छ्टकारा मिल सकें उप म्ख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति का प्रारूप तैयार है और जल्द ही प्रदेश में इसे लागू कर दिया जायेगा

सोनीपत के बरौदा विधानसभा उपच्नाव के लिए मतदान क्छ ही देर में समाप्त हो रहा है छिट प्ट घटनाओं को छोड़कर क्ल मिला मतदान शांतिपूर्ण रहा

याद रखे मास्क और दो गज की द्री बार बार हाथ धोना भी है जरूरी त्यौहारों के मौसम में खुद सचेत रहे और दूसरों को भी सचेत करें कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें यह आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है

हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने आज पानीपत सहकारी चीनी मिल के पिराई सत्र का श्भारंभ किया

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही गोहाना सोनीपत और करनाल की चीनी मिल की क्षमता में भी वृद्धि की जा रही है

पंचक्ला में खनन को लेकर गांव रतेवाली के निवासियों और प्लिसकर्मियों में हिंसक झड़प हई है